प्रदेश में बारिश का दौर जारी मौसम विभाग ने दो दिनों में उत्तर पश्चिमी जिलों में तेज बारिश की जताई संभावना

इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के सी वेणुगोपाल और अजय माकन को शामिल किया गया है एक अन्य निर्णय में पार्टी ने राजस्थान के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे को हटाकर अजय माकन को राजस्थान का प्रभारी नियुक्त किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर अजय माकन को राजस्थान प्रभारी बनाए जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का आभार व्यक्त किया है

वहीं पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि इससे राजस्थान में संगठन को एक नई दिशा मिलेगी इधर पद से हटाए जाने के बाद श्री पांडे ने प्रदेश प्रभारी के तौर पर कार्यकाल के दौरान दिए गए सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया है

राज्यसभा सचिवालय सत्र के लिए इस महीने के तीसरे सप्ताह तक पूरी तैयारी सुनिश्चित करने के लिए पिछले दो हफ्तों से निर्धारित समय से अधिक काम कर रहा है राज्यसभा के सभापति एमवेंकैया नायड् और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला ने मौजूदा प्रतिबंधों के तहत सत्र चलाने के लिए दोनों सदनों के चैम्बर और गैलरी का इस्तेमाल करने के बारे में पिछले महीने फैसला किया था श्री नायडू ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि परीक्षण रिहर्सल तथा अंतिम निरीक्षण जैसी सभी तैयारियां इस महीने के तीसरे सप्ताह तक पूरी हो जाएं मॉनसून सत्र के दौरान सदस्यों के बैठने के लिए राज्यसभा चैम्बर और गैलरी तथा लोकसभा चैम्बर का इस्तेमाल किया जाएगा

पहली पंक्ति सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियम के अनुसार खाली रहेगी

इस बीच कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू दिशा निर्देशों के विपरीत तीन जन सभाएं करने पर ओसियां के पूर्व विधायक भैराराम सियोल के खिलाफ मथानिया थाने में एफआइआर दर्ज की गई है

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी नोटिस के अनुसार इस दौरान मुकदमों की सुनवाई स्थगित रखी जायेगी

रेल मंत्री पीयूष गोयल इन परियोजनाओं और प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसरों की प्रगति की निगरानी करते हैं

ये सेवाएं कश्मीर के गांदरबल और जम्मू क्षेत्र के उधमपुर में बहाल की गई है जम्मू कश्मीर के गृह विभाग ने इस आशय का आदेश जारी किया था

ओदश में कहा गया है कि हाईस्पीड इंटरनेट सेवा पोस्टपेड ग्राहकों को दी जाएगी और सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्री पेड ग्राहक भी इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे

कल जयपुर सहित पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई जिससे जलाशयों में पानी की आवक भी शुरू हो गई है

मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में बताया कि दो दिन बीकानेर संभाग के जिलों खासतौर पर उत्तर पश्चिमी जिलों में तेज बारिश होने का अनुमान है

इस दौरान उनके साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ जयपुर नगर निगम आपदा प्रबंधन विभाग और बाढ नियंत्रण केन्द्र के अधिकारी मौजूद रहे

प्रधानमंत्री ने लोगों से उनके विचार और सुझाव कार्यक्रम में शामिल करने के लिए आमंत्रित किए हैं